प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की प्रधानमंत्री आज झांसी में बीस हज़ार पांच सौ छह करोड़ रूपये लागत की डिफ़ंस कॉरिडोर सहित कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ से नजफ़ के लिये एयर इंडिया की उड़ान का किया शुभारम्भ प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से सामान्य जन जीवन हुआ प्रभावित आकाशीय बिजली गिरने से विभिन्न स्थानों पर तेरह लोगों की मौत आज भी कई स्थानों पर वारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना जम्म् कश्मीर में कल केन्द्रीय रिजर्व प्लिस बल सी आरपी एफ की बसों के काफिले पर आत्मघाती हमले में तैंतालिस जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गये यह हमला दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर दिन में लगभग तीन बजकर बीस मिनट पर हुआ गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियोंको श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है आकाशवाणी से विशेष भेंट में सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआरभटनागर ने कहा है कि हमले के समय करीब ढाई हजार सुरक्षाकर्मियों का काफिला बसों सेजम्मू से श्रीनगर जा रहा था उन्होंने बताया कि धमाके में काफिले की एक बस को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की है और हमले के बाद की स्थिति का जायजा लिया है उन्होंने यह भी कहा कि बहादुर सुरक्षाकर्मियों का बलिदान बेकार नहीं जायेगा और सारा देश बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ एकजुट खड़ा है

केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस हमले को निंदनीय बताते हुए कहा है कि आतंकवादियों को उनके इस जघन्य कृत्य का सबक सिखाया जायेगा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बताया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वे इस हमले से आहत हैं उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर झांसी पहुंच रहे हैं जहां वह बीस हजार पांच सौ छह करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे इन परियोजनाओं में डिफ्रेंस कॉरिडोर परियोजना भी शामिल है

आजादी के बाद से लेकर के अभी तक की सबसे बड़ा तोहफा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी देने के लिये आ रहे हैं मुझको लगता है कि इतनी बड़ी परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास और लोकार्पण इसके पहले कभी नहीं जिसमें डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत बड़ी परियोजना है डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ बुन्देलखंड की जो वर्षो से सबसे बड़ी डिमांड है कि पीने के पानी की व्यवस्था उसके लिये नौ हजार करोड़ रूपये पाईप पेयजल परियोजना का भी शिलान्यास होगा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री का बुन्देलखंड के अन्दर शिलान्यास करने जा रहे है और इसी तरके से सिंचाई परियोजना रेल कोच डिफंस कॉरिडोर परियोजना इस तरीके से मिलाकर के पूरे बुन्देलखंड के लिये बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ दस करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को होगा वितरण की क्षमता बढ़ेगी और दुर्गम जनजाति क्षेत्रों में आजीविका स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के जरिये सरकार के कल्याण कार्यक्रमों की पहंच का विस्तार होगा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ से इराक़ के नजफ़ के लिए हवाई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया हमारे संवाददाता ने ख़बर दी है कि नजफ़ के लिये एयर इंडिया का विमान दिल्ली से होकर जाएगा लखनऊ से नजफ तक की लगभग साढ़े पांच घंटे की उड़ान लखनऊ से सोमवार और गुरूवार को चलेगी इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उड़ान से यात्रियों को सुविधा के साथ ही दोनों देशों में शिक्षा पर्यटन उद्योग में वृद्धि होगी

इराक के साथ भारत का कैसा रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है

इस उड़ान की मांग लंबे समय से शिया मुसलमानों द्वारा की जा रही थी

इसके अलावा श्री सिंह ने शहर में ज्योतिबाफूले मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग और कैन्ट इलाके में सीवर लाइन परियोजना का लोकार्पण किया उन्होंने नादान महल रोड स्थित मल्टी लेवल भूमिगत पार्किंग का शिलान्यास भी किया श्री सिंह ने लखनऊ नगरीय क्षेत्र को नो ट्रिपिंग ज़ोन बनाने के लिये कई परियोजनाओं का शुभारम्भ भी किया राज्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने तथा सरकार के इस रवैये पर विरोध प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किये जाने के मामले को लेकर सदन की कार्यवाही कल लगातार तीसरे दिन बाधित रही शून्य काल के दौरान सदन में समाजवादी पार्टी और बसपा के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ पंजीकृत मुकदमे वापस लेने की मांग की दोनों दलों के जोरदार हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही चालीस मिनट के लिये स्थगित करनी पड़ी उधर विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन और अन्य सदस्यों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाये उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर सपा नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है सपा सदस्यों के हंगामे की वजह से सभापति रमेश यादव को सदन की कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित करनी पड़ी प्रदेश में मौसम में अचानक आये बदलाव और अधिकांश स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा और कई स्थानों पर ओलावृष्टि के चलते तापमान में गिरावट आ गई लखीमपुर खीरी फिरोजाबाद मथुरा सहित कई जनपदों में वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई है सर्दियों की यह वर्षा कृषि फसलों विशेष रूप से गेह गन्ना और चना की फसलों लिए उपयोगी बताई जा रही है कृषि जानकारों के अनुसार कृष्ठ स्थानों पर ओला वृष्टि से आलू और सरसों सहित अन्य फसलों को नुकसान भी हुआ है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से तेरह लोगों की मौत हो गयी है आगरा बुलंदशहर बरेली और सीतापुर में वज्रपात से दो दो लोगों की मौत हुई है वहीं हापुड़ फिरोजाबाद संभल बिजनौर और मेरठ में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों को चौबीस घंटे के भीतर वित्तीय सहायता वितरित करने का निर्देश दिया है सर्दियों की यह वर्षा कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूँ गन्ना और चना की फसलों के लिए उपयोगी बताई जा रही है कृषि जानकारो के अनुसार कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से आलू और सरसों सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है आगरा बुलन्दराहर बरेली और सीतापुर में ब्रजपात से दो दो लोगों की मौत हुई है वहीं हापुड़ फिरोजाबाद सम्भल बिजनौर और मेरठ में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों को चौबीस घंटे के भीतर वित्तीय सहायता वितरित करने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है